उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और जनता से सीधा फीडबैक प्राप्त करते हुए कार्यों को मौके पर परखने के लिए औचक निरीक्षण किए जाएं मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयूर्विज्ञान संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आमजन से संवाद स्थापित करते हुए अस्पताल की सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

विभिन्न श्रेणी के कोविड अस्पतालों की स्थापना वहां डॉक्टरों सहित हर स्तर के प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता दवा एवं संक्रमण से बचाव वाले उपकरणों की व्यवस्था करने को कहा श्री अवस्थी ने बताया कि नियमित संवाद व सम्पर्क के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल देते हुए मख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को सफल बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक समस्त जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों से नियमित संवाद कायम रखें

उन्होंने बताया कि देश में सबसे अधिक कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊजा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा ने अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग व विद्युत सुरक्षा निदेशालय की समीक्षा बैठक की उन्होंने निदेश दिया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय में फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए

उन्होंने नेडा के सौर ऊर्जा के लक्ष्य को भी निर्धारित अवधि में पूरा करने को कहा यह भी निर्देशित किया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की मंशा के अनुरूप तकनीक का उपयोग कर व्यवस्था सुधारें

राज्य सरकार ने प्रवासी आयोग का गठन भी किया है जो कामगारों के लिए रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा डिस्पैच प्रवासी आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के बाद ही किसी राज्य को उत्तर प्रदेश के मजदूरों और कामगारों की सेवा दी जाए इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों को पत्र लिखकर कामगारों की सूची मांगी जाए जो अभी भी उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते हैं और सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित करेगी

राज्य सरकार मजदूरों को स्किल ट्रेनिंग देने और भत्ता महैया कराने के साथ ही उन्हें बीमा कवर भी दिलाएगी सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है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

केन्द्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्तेभर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए

केन्द्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल सात दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से मना कर रहे हैं उन्हें केवल सात दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाए

वेबिनार का आयोजन राजकीय आयूर्वेद महाविद्यालय और आरोग्य भारती द्वारा किया गया था

श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि श्री गांधी झूठ फैलाकर राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं बाइट राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की स्प्रेडिंग नेगेटिविटी वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्वूरिंग क्राइसिस तीसरा हंगरी फॉर फॉल्स क्रेडिट चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स और पांचवा है मिस इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करते हैं गृह मंत्रालय ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि उसने सभी राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है मंत्रालय ने कहा है कि समूचे देश में शिक्षा संस्थानों को खोलने पर रोक जारी है झांसी जिले में लगातार तीसरी बार पाकिस्तानी टिड्डी दल ने दस्तक दी है जिसके चलते जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है

उन्होंने डीजे की तेज धुन की मदद से टिड्डी को भगाने का तरीका निकाला

किसानों की चिंता को देखते हुए झांसी की जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के निर्देशन में मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के किसानों को पाकिस्तानी टिड्डियों से उनकी फसल बचाने के लिए नगाड़ों व डीजे की धुन स टिड्डियों को भगाने का तरीका बताया

झील के आस पास पहुंचती है हमारा पानी भी गंदा होने की संभावना है जो हानिकारक भी हो सकता है इसलिए झील के आस पास साउंड सिस्टम लगा के इन टिड्डयों की जो मूवमेंट है दूसरे तरफ पे करने के लिए व्यवस्था भी करने के लिए हम लिखा पढ़ी कर चुके हैं साथ में यह भी देखना है कि इन टिड्डीदल की जो भी है मूवमेंट या टिड्डीदल की सेटलमेंट इस टिड्डीदल का जो ट्रीटमेंट ये तीनों चीज एक प्रांपर कोआर्डिनेशन तरीके से होना चाहिए रात्रि में विश्राम वो बिल्कुल करती हैं तो रात्रि के समय पे बहुत सतर्क रहना और बिल्कुल आवाज न करने इनको मारने की व्यवस्था करना

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

खराब गुणवत्ता के अनाज के वितरण की खबरों के मद्देनजर श्री पासवान का यह बयान आया है उन्होंने ट्वीटर पर कहा कि केंद्र भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को ऐसा अनाज भेजता है जिसके ग्णवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता श्री पासवान ने कहा कि आपूर्ति के समय राज्यों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मौजूद रहते हैं